प्रधानमंत्री ने लोगों से इसमें योगदान देने की अपील की

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आपातकाल में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष पी एम केयर्स बनाने की घोषणा की है

प्रधानमंत्री इस न्यास के अध्यक्ष होंगे इसके सदस्यों में रक्षा मंत्री गृह मंत्री और वित्त मंत्री शामिल हैं

इस कोष में छोटी राशि भी दान दी जा सकेगी जिससे बड़ी संख्या में लोग योगदान कर सकेंगे

लॉकडाउन के दौरान सरकारी दर पर फलों और सब्जियों की बिकी राज्य में वेजफेड के माध्यम से की जायेगी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कृषि पशुपालन और सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने कल हुई एक बैठक में यह फैसला लिया

मुख्यमंत्री ने कृषिमंत्री को आश्वस्त किया कि जल्द ही इस संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक कर समस्या का समाधान किया जायेगा लॉकडाउन के दौरान मांस मछली की दुकानें खोलेने पर कोई रोक नहीं रहेगी कृषि पशुपालन सचिव पूजा सिंघल ने पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर कहा है कि लॉकडाउन के समय पशु पक्षी और मछली का चारा बेचने वाले दुकानों पर कोई रोक नहीं लगायी जाये साथ ही अंडा मुर्गी मीट और मछली की दुकानों को खोलने तथा बिकी पर कोई रोक नहीं लगी है किसानों को हो रही परेशानियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने खेती बाड़ी और इससे संबंधित गतिविधियों को लॉकडाउन से छूट दे दी है इससे फसलों की बुआई और कटाई बिना किसी व्यवधान के हो सकेगी देशव्यापी लॉकडाउन लागू होने के बाद से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों की समस्याओं पर लगातार निगाह रखे हुए हैं उन्हें यह जानकारी मिलीं कि किसानों को फसलें समेटने और अनाज को मण्डियों तक पहुंचाने में अड़चने आ सकती हैं इसी बात को ध्यान में रखते हुए कृषि कार्यो को लॉकडाउन के दायरे से बाहर कर दिया गया है जिससे खेतों में खड़ी तैयार फसलों की कटाई संभव हो सकेगी

इसके साथ ही अब उन्नीस मौतें सहित कुल मामलों की संख्या आठ सौ तिहत्तर हो गई है नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन कोरोना वायरस की ट्रांसमिशन की श्रृंखला को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है

नए वेंटिलेटर को मेडिकल कालेज अस्पताल में लगाया जाएगा वेंटिलेटर की आपूर्ति के लिए डीएमएफटी फंड का इस्तेमाल किया गया है बोकारो जिले में किसी भी व्यक्ति व परिवार को खाने पीने की संकट का सामना ना करने पड़े इसके लिए बोकारो जिला प्रशासन हर सम्मव प्रयास कर रहा है कल जिले के उपायुक्त मुकेश कुमार और पुलिस अधीक्षक सुजाता कुमारी वीणापानी ने अति नक्सल प्रभावित झुमरा पहाड़ की तलहटी स्थित एक दर्जन से ज्यादा गांव का भ्रमण किया इसके अलावा उन्होंने बिरहोर परिवारों से भी मिलकर उनकी समस्याओं के संबंध में विस्तृत जानकारी ली जरूरतमंद परिवारों के बीच खाद्यान्न और सब्जियों का वितरण भी किया उपायुक्त ने मीडिया को बताया कि जिले के सभी पंचायतों में एक एक विवंटल चूड़ा और गुड़ की व्यवस्था की गई है मुखिया के माध्यम से जरूरतमंद लोगों के बीच चूड़ा गुड़ का वितरण किया जाएगा खूंटी जिले में लॉकडाउन की वजह से रास्ते में कोई भी वाहन नहीं चल रहा है लोग भुखे प्यासे अपने गाँव घर से आवश्यक वस्तुओं की जुगाड़ में पैदल सफर कर रहे हैं जिला प्रशासन की ओर से पुलिस थाने में रास्ते में आने जाने वाले मूखे गरीबों के लिए भरपेट भोजन कराने की व्यवस्था की गई है कोडरमा जिले में लॉक डाउन के दौरान दूसरे राज्यो के फंसे हए मजदूरो और जरूरतमंद लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कल से कोडरमा पुलिस की ओर से सामुदायिक किचन की शुरुआत की गई है तिलैया थाना क्षेत्र के सुभाष चौक के पास जिले का पहला सामुदायिक किचन की शुरुआत हुई

इसका आकाशवाणी दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारण किया जाएगा हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद इस कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण किया जाएगा जिसे रात आठ बजे क्षेत्रीय भाषाओं में दोबारा सुना जा सकता है राज्य के मुख्य सचिव डॉक्टर डीके तिवारी ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की राज्य में पर्याप्त उपलब्धता है लाकडाउन के बाद उत्पन्न परिस्थितियों की कल झारखंड मंत्रालय में उच्चस्तरीय समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि चीनी मसाला गेंहू चावल नमक खाद्य तेल और दाल पर्याप्त मात्रा में है इन वस्तुओं की कालाबाजारी और ज्यादा मूल्य लेने पर अंकुश के लिए प्लाइंग स्कवॉयड लगातार एक्शन में रहने का भी मुख्य सचिव ने निर्देश दिया बैठक में श्री तिवारी ने कहा कि गांव के गरीबों तक खाना पहुंचाने की व्यवस्था स्वयं सहायता समूहों द्वारा करायी जा रही है शहरी क्षेत्र में तीन सौ बयालीस खिचड़ी केन्द्र सहित पर्याप्त संख्या में दाल भात केन्द्र रखे गए हैं मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि बाहर के प्रदेशों में फंसे झारखंडवासियों के लगातार संपर्क में जिला प्रशासन है उन्हें स्थानीय प्रशासन से संपर्क कर खाने पीने और रहने की व्यवस्था करायी जा रही है

इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किये गये हैं

दिल्ली और एनसीआर में फंसे झारखंडवासियों के लिए राज्य सरकार ने दिल्ली स्थित झारखंड भवन में हेल्पलाइन सेंटर स्थापित किया है दिल्ली एनसीआर में फंसे लोगों को यदि किसी प्रकार की मदद की जरूरत है तो वे झारखंड भवन से जुड़कर सहायता ले सकते हैं

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हेल्पलाइन नंबर जारी करते हुए कहा है कि सरकार अन्य राज्यों में भी फंसे लोगों को शीघ्र मदद पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना वायरस को लेकर आम लोगों से स्वेच्छा से दान करने की अपील की है इसके तहत लोग दान की राशि चेक और ऑनलाईन बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं

गोड्डा जिले के उपायुक्त सुनील कुमार ने बताया है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए जिले में लॉकडाउन जारी है

गृह सचिव ने राज्यों को फिर से पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि गृह राज्य लौटने वाले तीर्थ यात्रियों और प्रवासी कामगारों के लिए तुरंत राहत शिविर स्थापित करें राज्यों से यह भी कहा गया है कि वे इन राहत शिविरों की स्थिति और दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में व्यापक प्रचार करें